प्रदेश के सभी अस्सी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गये वोटों की मतगणना के लिये पचहत्तर जनपदों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ साथ राज्य की आगरा उत्तर और लखीमपुर खीरी की निघासन विधानसभा सीटों के उप चुनावों की मतगणना कल सुबह आठ से शुरू होगी मतगणना के लिये स्ट्रांग रूम को सभी प्रत्याशियों या उनके एजेंटों तथा निर्वाचन आयोग द्वारा नामित प्रेक्षक की उपस्थिति में खोला जायेगा और मतगणना के लिये ईवीएम मशीनों को मतगणना स्थल पर लाया जायेगा मतगणना प्रक्रिया पर नजर रखने के लिये आयोग ने एक सौ उन्वास प्रेक्षक तैनात किये हैं इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं

कुशीनगर और आजमगढ़ में मतगणना दो स्थानों पर होगी जबकि बाकी सीटों के लिए एक स्थान पर ही मत गिने जायेंगे

वीवीपैट मशीनों के भिलान के लिए स्पेशल कोबिन तैयार किये गये हैं मतगणना कर्मचारी सुबह छह बजे केन्द्र पर पहुंच जायेंगे और ठीक आठ बजे मतगणना का काम शुरू कर दिया जायेगा कल कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही कई वर्तमान और पूर्व केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हैं

उन्होंने बताया कि सुगम बाधा रहित और पारदर्शी मतगणना के लिये सभी जरूरी और प्रभावी बंदोबस्त किये गये हैं

हर राउंड को बाद किस को कितने वोट मिले है वह डिसप्ले भी किये जाते हैं उसको निर्धारित पोर्टल में भरा जाता है

तो इस ताह से काउंटिंग की पूरी प्रक्रिसर बहुत ही पारदर्शी ढंग से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जा रही है और इस बार च्रंकि वीवीपैट का भी मिलान किया जाना है और साथ में ईटीपीवी और पोर्टल बैलेट भी भारी संख्या में उनको देखते हुए कुछ विशेष प्रावधान भी किये गये है तो इन सभी के साथ इसीलिए कि वोट डालते समय भी जो मतदाता है वह देख सके कि उसका मत किसके पक्ष में गया है ओर वह पर्चिया भी बहुत बहुमूल्य है उनका भी मिलान और उनकी काउंटिंग भी की जा रही है कि जिससे अगर कही किसी तरह की कोई भी शंका हो उसका पूरी तौर पर निराकरण किया जा सके क्योंकि मैं पुनः कहूंगा कि दिश्दास बनाये रखे और पूरी तौर पर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग इसके लिये द्रढ़ संकल्प है इस बीच निर्वाचन आयोग ने परिणामों की घोषणा के बाद विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में चौबीस घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है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

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभा चुनाव परिणामों की ताजा और सटीक जानकारी देने के लिए व्यापक प्रबंध किये हैं

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड एफएम रेनबो विविध भारती और अन्य चनलों के माध्यम से हर घंटे समाचार बुलेटिन सुने जा सकेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को भारत की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह बताया है कल शाम नई दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि यह संगठन अब क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूरी करने का मजबूत स्तंभ बन गया है उन्होंने कहा कि एनडीए का उद्देश्य वोट हासिल करना या सत्ता में आना नहीं बल्कि नये भारत का निर्माण करना है बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के हवाले से बताया कि एनडीए का उद्देश्य गरीबों की सेवा करना और गरीबी की समस्या को हल करना है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अटल है और वह इस काम में सफल रहा है

सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना की प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को आधारहीन करार दिया है श्री मौर्य ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पाटी के सत्ता में पूनः वापसी के अनुमानों से हताश है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से रिसैट टूबी उपग्रह का प्रक्षेपण किया

उपगह से भेजे गए आंकड़ो का इस्तेमाल कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा

प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही पीएसएलवी ने पचास टन भार अंतरिक्ष में भेजने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है उन्होंने बताया कि रिसैट टूबी में अनेक नइ खूबियां हैं उन्होंने कहा कि इससे पृथ्वी पर मौसम और सभी स्थितियों की जानकारी हासिल करने के लिए भारत की क्षमता बढ़ेगी इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा है जो किसी भी स्थिति में चित्र लेने में सक्षम है यह भारत के सशस्त्र बलों को पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम बनायेगा सोशल मीडिया पर ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी और हैकिंग की अफवाह वायरल करने के आरोप में जौनप्र पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की है सोशल मीडिया साइट पर इस तरह की पोस्ट के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सजग हो गया है पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने इस बारे में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कारवाई की चेतावनी दी है उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वह इस तरह की तथ्यहीन और बेबुनियाद खबरों से सतर्क रहे प्रदेश में अवैध खनन और निकासी पर प्रभावी नियंत्रण के उददेश्य स सभी जिलाधिकारियों को खनन पट्टा धारकों द्वारा खदान की निकासी पर स्थापित चेक पोस्ट पर सीसी टीवी कैमरा लगवाने का निर्देश दिया गया है